जीएसटी परिषद ने पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की जीएसटी दर में सात प्रतिशत की कटौती की प्रदेश में हो रही बारिश से विभिन्न स्थानों पर नदी नाले उफान पर है और बांध भी लबालब होने लगे है दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कल भी कई जगह भारी बारिश हुई है जयपूर सवाईमाघोपूर ज्ञालावाड कोटा बूंदी और पाली जिलों में कई स्थानों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

बस्सी और चाकसू तहसीलों में पिछले तीन दिन में हुई भारी बारिश से कई जगह एनीकट और छोटे तालाब दूट गये हैं चाकसू में लगातार हो रही बारिश से तीन तालाब दूट गये वहीं कुछ बडे तालाबों में सुराख होने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने कल चाकसू का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये राजधानी में भी कल दिनभर रूक रूककर बारिश हुई इससे कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित रहा सीकर जिले में बारिश से हुए हादसों में पांच लोगों की मौत हुई है यहां तेज बारिश के बाद पानी में बहे एक युवक का शव कल तीन दिन बाद बरामद हुआ इसे एनडीआरएफ दल के सहयोग से दूंढा गया प्रशासन ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है

दूंदी जिले में कल रात हुई बारिश के बाद बाढ जैसे हालात हो गए है हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के लोग बाढ़ के हालात को देखते हुए छतों पर पहुंच गए है शहर के नवलसागर तालाब में पानी की भारी आवक के बाद नागदी बाजार में मकानों सहित दूकानों में भी पानी घूस गया है कई गौशालाएं पानी में डूब गई है

राजसमंद में भी आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है जिले के भीम देवगढ़ और आमेट में तेज बारिश होने से जल चोतों में पानी की आवक हुई है वहीं ताल गांव में तेज हवा से दूकान के टीनशैड उड गए और पेड़ गिर गए बाड़मेर जिले के जसोल और बालोतरा में कल तेज हवा के साथ मूसलाधार बरसात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुरक्षा बलों का आध्निकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है रक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए स्वदेश में ही रक्षा सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षो में सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया था और उसे माकूल जवाब दिया था

गृह राज्य मंत्री नित्यांदन राय ने स्मारक पर श्रद्वा सुमन अर्पित किए

इस अवसर पर उप महानिरीक्षक जसपाल सिंह ने परेड का निरीक्षण किया यहां प्रशिक्षित ये हिमवीर दूरस्थ और दुर्गम हिमालय पर्वत भारत चीन सीमा प्रबंधन के साथ साथ छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाए देंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर एप पर भी उपलब्ध होगा

इस आशय की गजट अधिसूचना कल जारी की गई इस विधेयक को संसद ने पिछले सप्ताह पारित किया था आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यह पहली सरकार है जो शहरों का कायाकल्प करने की दिशा में आगे बढ़ रही है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर अधिक था लेकिन दूसरे कार्यकाल में योजनाओं को पूरा करने पर अधिक जोर रहेगा

वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जरो पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया है

यह कदम पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के साधनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है

अलवर जिले के कद्मर थाना क्षेत्र में कल रात डम्पर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों की मौत हो गई घटना के बाद डम्पर चालक फरार हो गया पुलिस मामले की जांच कर रही है